सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते

उन्होंने यह भी कहा कि यह धारा महिलाओं के सम्मान का अनादर करती है और उन्हें इससे वंचित रखती है न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता के अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है पांचो न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल राज्य के ऑयल फील्ड्स से अतिरिक्त राजस्व संशाधनो का उपयोग करने के लिए प्रमुख तेल कंपनियों के साथ एक बैठक की उन्होंने राज्य के माईनिंग सेक्टर में निवेश करने वाली सभी कंपनिया का स्वागत करते हुए अरुणाचल प्रदेश को एक महत्वपूर्ण निवेश का राज्य बताया तिरप जिला उपायुक्त कार्यालय खोंसा में आज जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई इस बैठक में विकास कार्यों से सभी विभागों से के प्रतिनिधियों और आऊटपोस्ट के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में जिला उपायुक्त पी एन थोंगन ने सभी परियोजना एजेंसियों से शौचालय जल आपूर्ति विद्युतीकरण सहित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रायोजित योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा उन्होंने संबंधित अभियंताओं से परियोजना स्थल पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट की आपूर्ति सुचारु है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है एक बयान में आयोग ने कहा है कि वह भविष्य में होने वाले आम चुनावों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीनें लगाने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग ने कहा कि दो हजार उन्नीस के लोक सभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को सत्रह लाख पैतालीस हजार मशीनों का ऑर्डर दिया है

समिति ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पांचवी अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्तियों पर चूप रहने के पीछे कुछ कारण है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति दो हजार अटठारह को मंजूरी दे दी है इसका उद्देश्य देशभर में पचास एमवीपीएस स्पीड से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष दो हजार बीस तक एक जीबीपीएस और दो हजार बाईस तक दस जीबीपीएस की ब्रॉड बैंड सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी डिजिटल संचार नीति दो हजार अट़ठारह राष्ट्रीय द्ररसंचार नीति दो हजार बारह का स्थान लेगी ब्रॉडबैंड ऑल सबकों ब्रॉडबैंड की सुविधा हो चालीस लाख़ नए रोजगार इस देश में इस नीति के माध्यम से पैदा होंगे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

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान नौ मिलीमीटर बारिस दर्ज की गई है